कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज संसद में आज राष्ट्रहित में तीन तलाक विधेयक को पारित कराने में राजनीतक दलों का सहयोग मांगा है संसद से बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रसाद ने इस बात को दोहराया कि यह विधेयक राजनीति से ऊपर है और इसका धर्म से लेना देना नहीं है इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री नरेन्द्र तोमर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजनीतिक दलों को विधेयक पर चर्चा में भाग लेना चाहिए और इस मूद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बाद में सदन में तीन तलाक पर चर्चाश्रू हई जो अभी भी जारी है कई राजनीतिक पार्टियां कानून का विरोध कर रही है

वे आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे

उनमे सोनीपत पानीपत यम्नानगर रेवाड़ी रोहतक करनाल अम्बाला कुरूक्षेत्र पंचकूला भिवानी चरखी दादरी महेन्द्रगढ़ हिसार जींद न्ूंह और पलवल शामिल है उन्होंने बताया कि आज दसवें सीजीडी बिडिंग राउंड मे तीन और जिलों सिरसा फतेहाबाद कैथल को कवर करने की पेशकश की गई है उन्होंने बताया कि दसवें राउंड के बाद पंजाब हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सीजीडी नेटवर्क के विकास की मंजूरी मिल गई है

उन्होंने कहा कि पीएनजी और सीएनजी गैस प्रदूषण मुक्त के साथ सस्ती भी है

पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हये उन्होंने कहा कि किसी त्रासदी की स्थिति मे पीएनजी में न्यूनतम हानि हो सकती है चंडीगढ़ में सीएनजी उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या होने के बावजूद सीएनजी स्टेशनों की कमी होने पर उन्होंने कहा कि चंडीगए में स्थान के अभाव कारण पेट्रोल स्टशेनों पर ही सीएनजी फिलिंग स्टेशन लगाए जा रहे है

इससे पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने ताज होटल में दसवीं सिटी गैस डिस्ट्रीबय्शन बोली को प्रोत्साहित करने के लिये एक रोड शो का आयोजन भी किया

आज का कार्यक्रम के मुख्या अतिथि हरियाणा के म्ख्य सचिव डी एस ढेसी ने कहा कि सरकार ने उदयोग और आने वाले निवेशकों के लिए दसवीं सीजीडी बोली में निवेश करने के कई अवसर म्हैया करवाए है बोर्ड की ये पहल क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचायेंगी और हरियाणा सरकार इस योजना को पूरा करने के लिये जरूरी सहायता म्हैया करवायेगी

हरियाणा का विधानसभा सत्र कल सुबह शुरू होगा ये शीतकालीन सत्र केवल एक दिन का होगा जिस दौरान वैधानिक कार्यो का निपटाने के अलावा जरूरी विधयेकों का पास किया जायेगा

उन्होंने कहा कि वैधानिक कार्यो के लिये ये सत्र ब्लाया गया है जिसमें बजट के संशोधित पास किये जाने है

उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पंप ऑनलाइन नेट मीटरिंग की तकनीक पर आधारित होंगे और किसानों को उनके उपयोग के बाद सरकार दवारा ली जाने बिजली के लिए एक रूपया प्रति युनिट का लाभ दिया जायेगा

उन्होंने बताया कि लाइन लास भी कम हये है इसकों पांच प्रतिशत ओर कम करने की योजना है

बिजली बिल न अदा करने वाले डिफालटर में बिल वसूली योजना के तहत राहत दी गई उनका ज्र्माना व ब्याज माफ कर दिया गया है

मुख्यमंत्री मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की कई बार बहत ज्यादा बिल आने की शिकायतों के मद्देनज़र ये प्रबध किया गया है कि अब बिल तीन माह के औसत से अधिक होने पर बिल तैयार ही नहीं होगा बिजली सुधारों पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही दो हजार चार सौ तिरेसठ स्थानों पर लाइने बदलने का काम भी किया जायेगा

पिछले कई दिनों से हरियाणा पंजाब में शीत लहर जारी है

अमृतसर का पारा एक डिग्री रहा

अम्बाला हिसार करनाल और भिवानी में कई स्थानों पर कोहरे के कारण सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ा मौमस विभाग के अन्सार शीत लहर का प्रकोप हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भानी राम मंगला ने कहा कि प्रदेश की जेलों में गौशालाएं स्थापित की जा रही हैं और इसकी श्रूआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा करनाल जेल से की गई है

इससे जहां जेल की द्रध सम्बन्धी जरूरतें प्री होंगी वहीं जेलों में बायोगैस प्लांट स्थापित करके गाय के गोबर से रसोई में प्रयोग होने वाली गैस सम्बन्धी जरूरत को पूरा किया जाएगा